प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है हिमालय क्षेत्र के पीर पंजाल पहाड़ियों में समुद्र तल से दस हजार फूट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रो मैक्निकल प्रणाली से इसका निर्माण किया गया है लगभग नौ किलोमीटर लंबी यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है इससे पहले भारी हिमपात के कारण इस घाटी से संपर्क लगभग छह महीने के लिए बाधित हो जाता था रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री दो जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की है ताकि राज्य के प्रत्येक क्षेत्र तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उच्चस्तरीय शोध किसानों की सहायता के लिए होना चाहिए कल नई दिल्ली में वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनीक में परिवर्तन से हमारी जिंदगी में बदलाव आए हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने विज्ञान शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अनाज का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर में हो रहा है और दलहन के आयात में महत्वपूर्ण कमी दर्ज हुई है

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के दौरान बिजली दरों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करने की घोषणा की है विभाग ने इस दौरान उपभोक्ताओं से मीटर का किराया नहीं लेने का फैसला किया है साथ ही बिल भूगतान में देरी पर अब एक दशमलव पांच प्रतिशत की बजाय एक प्रतिशत ही जुर्माना लेने का निर्णय लिया है विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि डिजिटल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को एक प्रतिशत की छूट और देय तिथि तक भुगतान के लिए एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट नकद भुगतान करने वालों को भी दी जाएगी विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से लिये जाने वाले अन्य चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेजी से चल रही है सभी कोषांगों को एक्टिव कर दिया गया है

बैठक में उन्होंने कृषि पश्पालन मत्स्य सहकारिता सहित अन्य विभागों की ओर से संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी ली उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी को तीन महीने के अंदर सभी प्रखंडों में पांच पांच मिल्क कोऑपरेटिव सोसायटी का निर्माण करवाने का निर्देश दिया झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की नियोजन नीति रदद करने के फैसले को राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है राज्य सरकार की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर कर हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है सरकार ने इस नीति के तहत राज्य के तेरह अनुसूचित जिलों में रदद की गई शिक्षकों की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया है राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में पांचवीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा है कि राज्यपाल को इस तरह की नीति बनाने का अधिकार है

वहीं सात सौ छत्तीस नए मामले भी सामने आए हैं वहीं अठाइस हजार एक सौ सैंपल की जांच की गई जिसमें सबसे अधिक रांची से तीन सौ छह संक्रमित मिले और लोहरदगा से सबसे कम एक संक्रमित की पहचान हुई है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर छियासी प्रतिशत पहुंच गई है वहीं मृत्यु दर शून्य दशमलव आठ पांच प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य में कल पचासी हजार चार सौ संक्रमित मिल चुके हैं इनमें तिहतर हजार चार सौ अठाइस लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं इस समय राज्य में ग्यारह हजार दो सौ तैतालीस सक्रिय मामले हैं इधर जामताड़ा से मिली खबर के अनुसार कल दस संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है इन्हें सात दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रहकर सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है

रांची के एक निजी अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है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

इस योजना के तहत दो सौ छत्तीस लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया

इस मुकाबले में द्मका डेयर डेविल्स ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित बीस ओवर में सात विकेट खोकर एक सौ छत्तीस रन बनाए जवाबी पारी खेलने उतरी बोकारो ब्लास्टर्स की टीम ने अठारह ओवर दो गेंद में चार विकेट खोकर एक सौ सैतीस रन बना लिये

दरों में बढ़ोतरी नहीं अब मीटर रेंट भी नहीं इक्कीस घंटे बिजली नहीं दी तो फिक्स चार्ज नहीं ले सकेगा निगम शीर्षक से प्रभात खबर ने बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं करने की खबर पहली खबर बनाई है नियोजन नीति रद्द करने के फैसले को दी चुनौती शीर्षक से हाल में हाई कोर्ट द्वारा अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति रदद करने के फैसले को राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट चुनौती देने की खबर को हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है देश में कोरोना से एक लाख मौतें होने पर दैनिक भास्कर ने शोक व्यक्त करते हुए अपने मास्ट हैड को पहले पन्ने पर नीचे रखा है लिखा आज हम नतमस्तक है दैनिक जागरण ने देश में पंद्रह अक्तूबर के बाद खुलेंगे स्कूल खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने झारखंड बिहार और बंगाल के लिए शुरू होंगी एक सौ ट्रेनें की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है टाईम्स ऑफ इंडिया ने हाथरस घटना को लेकर मीडिया और राजनीतिक दलों को हाथरस में प्रवेश पर रोक की खबर को पहले पन्ने की सुर्खिया बनाई है हिन्दुस्तान टाईम्स ने कोरोना से एक लाख मौत को अपनी पहली खबर बनाई है